वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेस के जरिए संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की

उन्होंने कहा कि बैंक खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस की शर्त नहीं लगा सकेंगे एटीएम से पैसा निकालने पर शुल्क नहीं लगेगा वित्त मंत्री ने कहा कि एक करोड़ रूपए से कम कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के निर्देशों की पालना नहीं होगी तो सरकार को मजबरन कर्फ्यू लगाना पड़ेगा मुख्यमंत्री ने आज सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कांफ़ेस के जरिये कोरोना संकमण पर नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि राज्यस्तरीय वॉर रूम की तरह ही जिलों में भी वॉर रूम स्थापित किए जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक कार्यों के लिए आमजन को परेशान नहीं होना पड़े इसके लिए परमिट जारी करने की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन किया जाए श्री गहलोत ने कहा कि दैनिक रूप से कमाने खाने वाले जरूरतमंद तबकों के लिए जिला कलेक्टर भोजन और राशन की कमी नहीं आने दें श्री गहलोत ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों के खुलने पर कोई रोक नहीं है ना ही उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है

भीलवाड़ा जिले को सरकार ने पहली प्राथमिकता पर रखते हुए वहां संकमण फैलने से रोकने के पूरे इंतजाम किए हैं

श्री मिश्र ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है

उन्होंने कहा कि लोग स्वयं पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो सख्ती बरतनी पड़ेगी राज्यपाल ने नव संवत्सर और चेटीचण्ड के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी उन्होंने लोगों से कहा है कि वे नव संवत्सर और चेटीचण्ड पर घर से बाहर नहीं निकलने के लिए संकल्प लें ताकि हम सभी एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ सकें

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी निश्चय करें कि लॉक डाउन में वे किसी भी जरूरतमंद को भूखा नहीं रहने देंगे

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढते प्रकोप के संबंध में वे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे

चुनाव की नई तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आयोग द्वारा राज्यसभा चुनाव स्थगित करने के फैसले की सराहना की है उन्होंने कहा कि कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए चुनाव टालना ही सबसे बेहतर विकल्प है

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राहत कोष में एक लाख रूपए देने की घोषणा की है

राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ से जुड़े प्रदेश के जलदाय कर्मचारियों ने भी एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है

केन्द्र सरकार के संयुक्त निदेशक की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बीमारी से बचाव साफ सफाई और आपदा प्रबंधन के लिए दी जाने वाली राशि सीएसआर का हिस्सा मानी जाएगी

विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत ने लक्षित सार्वजनिक हस्तक्षेप के जरिये चेचक का खातमा करके विश्व का अनुपम उपहार दिया कोरोना संकमण को देखते हुए राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने जून में होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढाकर तीन अप्रैल कर दी है

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से हेल्प लाइन नम्बर जारी किए गए है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस समय प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार साधनों का सुचारू रूप से काम करना अति आवश्यक है मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोरोना को देखते हुए मीडिया गतिविधियों से जुड़ी सभी संस्थाओं को सुचारू रूप से काम करने की सुविधा मिले इनमें केबल ऑपरेटर डीटीएच सेवाएं और सामुदायिक रेडिया स्टेशन भी शामिल हैं पत्र में कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों पर भी किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाये